पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सन् दो हजार तीस तक भूमि को बंजर होने से रोकने का लक्ष्य हासिल करने की दोहराई प्रतिबद्वता

हिन्दी दिवस आज प्रदेशभर में आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम

सम्मेलन में भूमि प्रबंधन बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने सुखा जलवाय परिवर्तन अक्षय ऊर्जा के साथ महिला सशक्तिकरण और जल संकट जैसे कई मुद्दों पर बारह दिन तक व्यापक विचार विमर्श किया गया इस सम्मेलन में विश्वभर से नौ हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया मरूस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के समापन पर केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वास व्यक्त किया कि रियो द जेनेरो में सम्पन्न हुए पहले के तीन सम्मेलनों की प्रतिबद्वताओं को पूरा करने के लिए समन्वय से काम किया जायेगा उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष दो हजार तीस तक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है

श्री जावडेकर ने संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन की दो वर्ष की अध्यक्षता के दौरान प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने की प्रतिबद्वता दोहराई सम्मेलन में भाग ले रहे देश सतत विकास लक्ष्य के जरिये दो हजार तीस तक बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए वैश्विक अभियान चलाएंगे संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के कल अंतिम दिन दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया सभी देशों ने मानव स्वास्थ्य में सुधार समृद्धि पारिस्थितिकी संरक्षण और शांति तथा सुरक्षा के लिए नई पहल करने पर सहमति व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश प्रगति के पथ पर है और लोगों को विकास योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मिल रहा है उन्होंने कहा कि दो महीने के भीतर प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद यहां से दिल्ली की यात्रा मात्र पांच घंटे की हो जायेगी श्री योगी कल चित्रकूट में लगभग पौने दो सौ करोड़ रूपये की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बन जाने से यहां बड़े बड़े उद्योग संचालित होंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे श्री योगी ने कहा कि चित्रकूट का प्रयागराज की तर्ज पर विकास किया जायेगा यहां बिजली पानी और अन्य आधारभूत सुविधाओं की भरपूर व्यवस्था की जायेगी इससे पूर्व कल सुबह मुख्यंत्री ने सोनमद्र जनपद में उम्मा गांव का दौरा कर यहां पिछले दिनों नरसंहार के पीड़ित परिवारों को आवास पेंशन और भूमि के पट्टे वितरित किये इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग तीन सौ चालीस करोड़ रूपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबेधित करते हए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को जिले के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराते हए कहा कि इन्होंने आदिवासियों के नाम पर राजनीति की है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पचास वर्ष से ज्यादा कार्यकाल के दौरान कभी भी आदिवासियों की सुध नहीं ली

यहां पर लाभार्थियों को जो लगातार अपने हक के लिए लड़ते रहे इनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया जो मालिक था उसे बंधआ मजदूर बना करके रखने का कार्य पाप किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस के पाप का परिमार्जन करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आये हैं कि कांग्रेस ने भले ही पाप किया होगा लेकिन पाप का परिमार्जन करने के साथ ही यहां के गरीबों यहां के परिसाधियों और यहां के नागरिकों को उनका हक देने के लिए आज मैं स्वयं मोदी जी के आदेश पर आपके बीच में यहां पर आया हूँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्रह जुलाई की जघन्य घटना की एस आई टी जांच कर रही है और कोई भी दोषी बच नहीं पायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह सत्तावनवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई गॉव ओपन फोरम या नमोऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी हिन्दी और अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराये जा सकते हैं यह फोनलाइन छब्बीस सितम्बर तक खुली रहेंगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में एक सौ अट्ठारह नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं इनमें से सोलह स्टेशन वामपंथी उग्रवाद प्रभावी इलाकों में स्थापित किये जायेंगे नई दिल्ली में श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन अगले छह महीनों में शुरू हो जायेंगे कम्यूनिटी रेडियो बहुत अच्छा साधन है जनता के साथ संवाद करने का और स्थानीय कलाकारों को अवसर देने का

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने देश में अब तक आठ हजार शिविरों का आयोजन कर लगभग तेरह लाख दिव्यांगजनों को सशक्त और स्वावलंबी बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है श्री गहलोत कल हरदोई में एक दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे श्री गहलोत ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा बारह सौ तिरसठ दिव्यांग कैम्प उत्तर प्रदेश में आयोजित किये गये थे इस अवसर पर उन्होंने एक हजार चौहत्तर लाभार्थियों को लगभग एक करोड़ रूपये की कीमत के सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की दिव्यांगों के लिए बनायी गई योजनाओं से दिव्यांगजनों को काफी लाभ मिल रहा है उन्होंने कहा कि दिव्यांग यूनिवर्सल आईडेंडिटी कार्ड के द्वारा देश भर में कही से भी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों में ढील देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की केन्द्र सरकार की याचिका को कल तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने आदेश दिया कि यह मामला सुनवाई के लिए अगले सप्ताह तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाये मई में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि देश में कानून समान होने के साथ किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए केन्द्र सरकार ने कहा था कि न्यायालय का मार्च दो हजार अट्ठारह का फैसला समस्या उत्पन्न करने वाला है और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए

प्रति वर्ष चौदह सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है इसी दिन उन्नीस सौ पचास में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिशा में पहल की थी संयुक्तराष्ट्र महासमा में हिन्दी में उनके भाषण को आज भी याद किया जाता है मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं

फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलबंधियां उल्लेखनीय है

प्रदेशभर में हिन्दी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

गोरखपुर और इसके आस पास के जिलों में कल शाम तेज बारिश हुई